नागौर में किर्सी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हुआ है

बाड़मेर में मुकाबला बराबर रहा

भाजपा ने पाली सीकर चूरू झुंझुन्न ब्रंदी अजमेर टोंक उदयपुर भीलवाड़ा झालावाड़ राजसमंद चित्तौड़गढ़ और जालौर में जीत दर्ज की है वहीं कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जैसलमेर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और बीकानेर में जीत दर्ज की है

श्री गहलोत कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं

इस समिति में मंत्री डॉ बीडी कल्ला हरीश चौधरी गोविंद सिंह डोटासरा और डॉ सुभाष गर्ग सदस्य होंगे सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस समिति के गठन का निर्णय लिया गया था

इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि पहले चरण में राजकीय और निजी चिकित्सा सेवा और महिला और बाल विकास विभाग के कार्मिकों को टीका लगाकर उन्हें प्रतिरक्षित किया जायेगा

इसके साथ ही सभी जिलों में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में टीकाकरण के लिए जिला टास्क फोर्स की टीमें बनाई गई हैं

परीक्षण के पूरे होने के बाद इस युद्धक टैंक के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है

सेना के इस टैंक में सुधारों की मांग को लेकर इसमें कई सुधार किए गए हैं